प्रदेश कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना वीवीपैट पर्ची के माध्यम से कराए जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में दायर की याचिका इस पर हाईकोर्ट दस दिसंबर को करेगा सुनवाई

मतगणना प्रशिक्षण विधानसभा चूनाव के तहत आगामी ग्यारह दिसम्बर को होने वाली मतगणना के लिए आज राजधानी रायपुर में सभी सत्ताईस जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और नब्बे विधानसभा क्षेत्रों के पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान प्रशिक्षकों ने अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने कहा कि मतदाताओं ने भारी उत्साह से निर्वाचन में हिस्सा लिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना भरोसा जताया श्री साह ने कहा कि मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने में निर्वाचन दल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही इस अवसर पर निर्वाचन दल के उन सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र वितरित किए गए जिन्होंने इससे पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है मतगणना मीडिया सेंटर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी मतगणना केन्द्रों पर मीडिया सेंटर बनाए जाएंगे इससंबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि इन मीडियो सेंटरो में प्रवेश के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशो के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी प्रवेश पत्र मान्य होंगे उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित होगा लेकिन मीडिया सेंटरों में मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा सकेगा श्री साहू ने बताया कि मतगणना कक्ष में मीडिया के प्रतिनिधि वीडियो कैमरे से शूटिंग कर सकेंगे लेकिन इसके लिए किसी तरह का स्टैंड ले जाना प्रतिबंधित होगा उन्होंने बताया कि सभी मीडिया सेंटरों में समाचार भेजने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक मीडिया सेन्टर के लिए जिला जनसंपर्क अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रभार दिया गया है कांग्रेस हाईकोर्ट याचिका प्रदेश कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए दस दिसंबर की तारीख तय की है प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री गिरीश देवांगन की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में वीवीपैट के माध्यम से मतगणना कराए जाने की मांग की गई है श्री देवांगन ने मतदान के दौरान गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और उच्च न्यायालय से मतगणना के समय पारदर्शिता सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है गौरतलब है कि इसके पहले भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में मतदान के दौरान गड़बड़ी की आशंका को लेकर शिकायत की जा चुकी है राज्यपाल पौष्टिक आहार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब गर्भवती महिलाओं को उनके क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लेकर उन्हें पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था करनी चाहिए राज्यपाल ने राजभवन में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यलाय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह से चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया उन्होंने इंदिरा कला तथा संगीत विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को संगीत के माध्यम से तनाव मुक्त करने के प्रयासों की सराहना की इस मुलाकात के दौरान प्रोफेसर मांडवी सिंह ने राज्यपाल को बताया कि खैरागढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों से गर्भवती महिलाओं को विश्वविद्यालय में समय समय पर आमंत्रित किया जाता है इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के सु मधुर संगीत सुनाए जाते हैं कुलपति ने बताया कि गर्भवती महिलाओं पर संगीत के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं ये महिलाएं लगातार संगीत सुनने के बाद खुद को तनाव मुक्त महसूस कर रही है प्रोफेसर मांडवी सिंह ने बताया कि कुछ गर्भवती महिलाओं ने संगीत सीखने की इच्छा भी जताई है उन्होंने बताया कि इस प्रयोग पर जल्द ही शोध कार्य भी शुरू किया जाएगा राज्यपाल ने संगीत विश्वविद्यालय में गर्भवती महिलाओं के साथ किए जा रहे इस प्रयोग को नवाचार बताते हुए कहा कि इसी तरह के प्रयोग अन्य विश्वविद्यालयों में भी किए जाने चाहिए नान घोटाला मामला प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने दो आईएएस अधिकारियों डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल दूटेजा के खिलाफ रायपुर के जिला सत्र न्यायालय में पूरक चालान पेश किया है इस मामले में दोनों अधिकारियों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था लेकिन दोनों अधिकारी कल पेश नहीं हए इस वजह से अदालत ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जांच एजेंसियों द्वारा नान घोटाले में सोलह आरोपियों के खिलाफ करीब पांच हजार पन्नों का चालान अदालत में पेश किया गया था जबकि आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा के खिलाफ तैंतीस पेज का पूरक चालान पेश किया गया इस मामले में दौ सौ चौरानवे गवाह बनाए गए हैं गौरतलब है कि वर्ष दो हजार पन्द्रह में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को बटने वाले चावल के आवंटन में करोड़ों रूपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था भाजपा बैठक विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक कल रायपुर में होगी पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार इस बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष चुनाव संचालक औरं प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे बैठक के दौरान मतगणना के लिए नियुक्त एजेंटों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन की बैठक कल रायपुर में हुई इसमें ग्यारह तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की गई

इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा

कार्यक्रम में रायपुर धमतरी महासमुंद बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले के भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा भीमराव अम्बेडकर दिवस भारतरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तिरसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्वांजलि दे रहा है भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों महिलाओं और श्रमिकों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया उनका निधन आज ही के दिन उन्नीस सौ छप्पन में हुआ था तब से ही यह दिन हर वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति पर श्रद्वासुमन अर्पित किए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने भी डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्वांजलि दी इधर प्रदेश में भी राजधानी रायपूर सहित विभिन्न स्थानों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए सुबह से ही अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजस्थान तेलंगाना चुनाव राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे इन दोनों राज्यों में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राजेस्थान विधानसभा की दो सौ में से एक सौ नियान्नवे सीटों पर मतदान होगा वहीं तेलंगाना के एक सौ उन्नीस विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश मिजोरम राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती ग्यारह दिसम्बर एक साथ की जाएगी रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा के तहत वड़ोदरा में खेले जा रहे मुकाबले में छत्तीसगढ़ की पहली पारी सिर्फ एक सौ उनतीस रनों पर सिमट गई इसके बाद बड़ौदा ने अपनी पहली पारी में सात विकेट पर एक सौ पैंसठ रन बना लिए हैं

बड़ौदा की ओर से भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युसूफ पठान छियालीस रन बनाकर खेल रहे हैं वहीं छत्तीसगढ़ की तरफ से कप्तान हरप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा सैंतीस रन बनाए जबकि बड़ौदा के गेंदबाज स्वप्निल सिंह ने पांच विकेट चटकाए

रायपुर संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला खाद्य अधिकारियों को समितियों से खरीदे जा रहे धान का उठाव तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

इस सायकल रैली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और खान पान के प्रति जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में कल सुबह रायपुर के जयस्तभ चौक से प्रभात फेरी निकाली जाएगी